राज्य के नव नियुक्त महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने आज बिलासपुर में पदभार ग्रहण किया

अंबिकापुर में हुई बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की बैठक में बलरामपुर में मक्का प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित करने कृषि को लाभदायक बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फैसले लिए गए बैठक में स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरगुजा कनिष्ठ चयन बोर्ड के गठन को भी मंजूरी दी गई साथ ही उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनाने में आने वाली दिक्कतों को दूर कर ऐसे मामलों का तत्काल निराकरण करने को कहा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नक्शा और खसरा के लंबित मामलों का निराकरण जल्द किया जाए किसानों को भूमि संबंधी किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए ऐसे मामलों का निपटारा न होने पर जिला कलेक्टर ही इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे मुख्यमंत्री ने बैंकों से पैसा निकालने पर किसानों से रिश्वत लेने की शिकायत मिलने पर को ऑपरेटिव बैंक के सीईओ और मैनेजर को निलंबित करने के निर्देश दिए उन्होंने बिजली संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए भी जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए बैठक में मुख्यमंत्री ने बयालीस विकास कार्यों के लिए दो करोड़ बहत्तर लाख रूपये से अधिक राशि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया सरगुजा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने अंबिकापुर में चार सौ हितग्राहियों को वन अधिकार प्रमाण पत्र का वितरण भी किया

इस संबंध में आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग ने एक आदेश जारी किया है इसमें एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना बस्तर और दंतेवाड़ा के जिला अध्यक्ष पद पर सांसद दीपक बैज का मनोनीत किया गया है इसी प्रकार कोण्डागांव परियोजना के लिए विधायक मोहन मरकाम नारायणपुर परियोजना के लिए विधायक चंदन कश्यप कांकेर जिले की भानुप्रतापुर परियोजना के लिए विधायक मनोज मंडावी और सुकमा जिले की कोन्टा आदिवासी परियोजना के लिए वाणिज्यिक कर मंत्री कवासी लखमा का चयन किया गया है

लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से चुने गए भाजपा के नौ सांसदों में रेणुका सिंह एकमात्र सांसद है जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य मंत्रियों के साथ बीते तीस मई को मंत्री पद की शपथ ली थी

इसकी शुरूआत आज सरगुजा संभाग से हुई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंबिकापुर से अंजोर रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरक्षक केसी अग्रवाल उपस्थित थे अंजोर रथ साप्ताहिक बाजार स्कूल कॉलेज चौपाल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पहंचेगा यह रथ चलित थाने के रूप में काम करेगा किसी भी पीडि़त व्यक्ति की शिकायत पर उचित कार्रवाई की जाएगी वहीं गंभीर मामलों में अपराध दर्ज कर संबंधित थाने में प्रकरण भेजा जाएगा इस रथ के जरिये एटीएम ठगी लैंगिक अपराध यातायात नियम और मानव तस्करी के बारे में लोगों को अगाह किया जाएगा साथ ही स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को विधिक जानकारी भी दी जाएगी

पदभार ग्रहण करते ही महाधिवक्ता ने मामलों के जल्दी निपटारे के लिए कई अहम फैसले लिए हैं उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा महाधिवक्ता कनक तिवारी का इस्तीफा मंजूर होने के बाद श्री वर्मा की नियुक्ति का आदेश जारी किया था

सबसे पहले मानसून राज्य के दक्षिणी इलाके में पहुंचेगा और उसके बाद इसका विस्तार राज्य के अन्य भागों में होगा राजधानी रायपुर में मानसून के बीस जून के आसपास पहुंचने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार पिछले पांच वर्षो से छत्तीसगढ़ में मानसून निर्धारित समय से देरी से पहुंच रहा है इससे पहले के सालों में सामान्य तौर पर मानसून दस जून तक छत्तीसगढ़ पहुंच जाता था इस बीच खबर मिली है कि मानसून अंडमान निकोबार से आगे बढ़ गया है मौसम विभाग के अनुसार इसके छह जून तक केरल पहंचने की संभावना है फिलहाल तटीय आंध्रप्रदेश और ओडिशा के साथ झारखंड में ऊपरी हवा में बने चक्रवात के असर से राज्य के मौसम में तब्दीली आई है इसके कारण राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है जशपुर जिले के अधिकतर इलाकों में बीते तीन दिनों से रूक रूककर बारिश का दौर जारी है ठंडी हवाएं चलने और ओले गिरने की भी खबर मिली है इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है वहीं कबीरधाम जिले में आज गरज चमक के साथ तेज अंधड़ चला और ओले भी गिरे इसी तरह कोरिया जिले में भी आंधी तूफान के साथ बारिश होने के समाचार मिले हैं राजधानी रायपुर में भी आज तड़के बारिश हुई इसके बाद दिनभर बदली छाई रही इससे अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है

इसके कारण तीन एक्सप्रेस एक पैसेंजर और छह मालगाड़ियों का परिचालन प्रभावित हुआ ये ट्रेने किरंदल से विशाखापट्नम जा रही थी अंतिम समाचार लिखे जाने तक मालगाड़ी को हटाने का काम चल रहा था

मिली जानकारी के मुताबिक आज तड़के भारत तिब्बत सीमा पुलिस आइटीबीपी और जिला पुलिस बल का संयुक्त दल सर्चिंग पर निकला था इस दौरान मर्दापाल इलाके में घने जंगलों के बीच सिंटेक्स की टंकी नजर आई जिसमें माओवादियों ने एक पिस्टल कारतूस और वायर सहित अन्य वस्तुएं छिपाकर रखी थी

इस मौके पर अपने एक ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से साइकिल का अधिक से अधिक उपयोग करने के संकल्प का आव्हान किया है उन्होंने कहा है कि साइकिल के उपयोग से हम न केवल अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं बल्कि प्रद्षण नियंत्रण करके पर्यावरण को भी स्वच्छ रख सकते हैं इस अवसर पर जागरूकता के उद्देश्य से भिलाई नगर निगम के आयुक्त एसके सुंदरानी ने आज अपने घर से नगर निगम कार्यालय पहुंचने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया नगर निगम कार्यालय में अधिकारियों ने पर्यावरण जागरूकता के लिए साइकिल चलाने की शपथ भी ली